रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति से निपटने में भारतीय सेना की भूमिका की प्रशंसा की

देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर लगभग इक्यानबे प्रतिशत और प्रदेश में ठीक होने की दर बढ़कर हुई तिरान्नबे दशमलव एक आठ प्रतिशत

राज्यपाल कल पत्र सुचना कार्यालय भारत सरकार लखनऊ द्वारा आयोजित सरदार वल्लम भाई पटेल विषयक एक वेबिनार में बोल रहीं थीं उन्होंने कहा कि भारत जिस एकता के सूत्र में बंधा हुआ है उसका श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है उन्होंने कहा कि इस महान प्रयास के कारण ही आज देश एक बड़े लोकतंत्र के रूप में विश्व में पहचान बनाये हुए हैं राज्यपाल ने लोगों से सरदार पटेल के विचारों को आत्मसात करने का आह्वान किया जिससे देश एक मजबूत और आत्मनिर्मर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ सके

एक अन्य कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने विश्व जूडो दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जूडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित समारोह में ब्लैक बैल्ट का वितरण किया उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में बेटियों को इस तरह के खेलों का प्रशिक्षण लेकर स्वयं को सशक्त बनाने और हर परिस्थिति में मुकाबला करने की क्षमता हासिल करनी चाहिये उन्होंने कल ही प्रयागराज में इलाहाबाद संग्रहालय की आर्ट गैलरी का भी ऑन लाइन शुभारम्म किया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मौजूदा सुरक्षा माहौल में सेना द्वारा की गई पहल ने देश को गौरवान्वित किया है कल नई दिल्ली में सेना के कमांडरों के सम्मेलन में रक्षामंत्री ने कहा कि सरकार सुधारों की गतिविधियां आगे बढ़ाने में सेना को पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि इससे समी क्षेत्रों में सेना को पूरा लाभ उठाने में मदद मिलेगी श्री सिंह ने दोहराया कि सरकार सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी उन्होंने कहा कि भारतीय सेना आजादी के बाद से ही देश की सुरक्षा और सम्प्रभुता की चुनौतियों से निपटने में सफल रही है रक्षा मंत्री कहा कि सेना ने आतंकवाद उग्रवाद और बाहरी हमलों के खतरों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

उन्होंने कहा कि आकाक्षा सिंह की सफलता उन परिवारों को संदेश देती है जो लोग बालक बालिकाओं में मेद करते हैं इस अवसर पर उन्होंने कुमारी आकांक्षा सिंह की यूजी की पढ़ाई के सभी खर्चो की सरकार द्वारा व्यवस्था करने की घोषणा की आकाक्षा सिंह के घर तक जाने वाली सड़क को भी ठीक कराने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एनेक्सी भवन में अधिकारियों के एक बैठक में धुरियापार चीनी मिल के पास करीब एक हजार छः सौ एकड़ में ग्रीन फील्ड नया एयरपोर्ट बनाने पर चर्चा करते हुए कहा कि विकास को गति देने के लिए इस क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी की जरूरत है

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी पहल है और यह लाइब्रेरी उच्च शिक्षा की सीमाओं को व्यापक स्तर पर मजबूत करेगी उन्होंने कहा कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र पाठ्य सामग्री महंगी होने के कारण खरीदने में असमर्थ होते हैं इस डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से उनकी इस समस्या का समाधान हो सकेगा

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हर जिले में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आरटीपीसीआर और एनटीजन परीक्षण सुनिश्चित किये जाये उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिये आने वाले सभी गंमीर मरीजों का कोविड टेस्ट सुनिश्चित किया जाये आदेश में बंदीगृहों में रहने वाले वृद्वाश्रम बाल सुधार गृह और नारी निकेतन में रहने वाले लोगों की नियमित जांच कराने के लिये कहा गया है निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है और कई देशों ओर राज्यों में कोविड का दूसरा उछाल देखा जा रहा है इस संबंध में जागरूक और सतर्क रहने के संदेश को लोगों के बीच प्रचारित प्रसारित किया जाये एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से यह परीक्षण उन लोगों पर किए जाएंगे जो आने वाले करवा चौथ और दीपावली के त्यौहार के दौरान आम लोगों के संपर्क में आएंगे

देश ने कोविड से निपटने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है कोविड से स्वस्थ होने की दर नब्बे दशमलव आठ पांच प्रतिशत हो गई है संक्रमण से मुक्त हुए लोगों की संख्या लगभग बहत्तर लाख साठ हजार हो गई है देश में इस रोग से स्वस्थ लोगों की संख्या कोविड मरीजों से करीब बारह गुणा ज्यादा हो गई है उधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है और ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि पिछले छत्तीस घंटों के दौरान दो हजार उन्वास कोरोना के नये मामले आये और इस दौरान दो हजार सात सौ बयालिस लोग ठीक हो गये उन्होंने बताया कि पिछले इकतालिस दिनों से कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है और अब तक सर्वोच्च स्तर के समय से तिरसठ प्रतिशत सक्रिय मामले घटे हैं इस समय सक्रिय मामलों की संख्या पच्चीस हजार आठ सौ सत्तासी है श्री प्रसाद ने बताया कि कोरोना से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है और अब यह तिरान्नबे दशमलव एक आठ प्रतिशत हो गई है प्रदेश सरकार ने आगामी इकत्तीस अक्टूबर को समी जिलों में महर्षि बाल्मीकि जयन्ती को वृहद स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है और इस संबंध में उप चुनाव वाले जनपदों को छोड़कर सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं

उन्होंने बताया कि रामायण में निहित मानव और सामाजिक मूल्यों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिये महर्षि बाल्मीकि से संबंधित स्थलों और मंदिरों पर बाल्मीकि रामायण का पाठ करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है